बाजार रहे बंद सड़कों पर रही मामूली आवाजाही

हालांकि इनमें से तेरह हजार लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रविवार को समूचे मध्यप्रदेश में लॉकडाउन किया गया इसे अगले आदेश तक आगामी रविवारों को भी लागू किया जाएगा

हालांकि इनमें से तेरह हजार लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं

आगरमालवा के गोठडा और सुसनेर में एक एक मरीज पाजिटिव मिला

अशोक नगर जिले में आज तीन और कोरोना पाजिटिव मिले

मोहल्लेवासियों ने उनका ताली बजाकर स्वागत किया

जबलपुर जिले में आज सात लोग पाजिटिव मिले वहीं एक महिला की मौत हो गयी

विभाग वितरण शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि राज्य के मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण आज ही हो जाएगा श्री चौहान ने यहां प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की थी

श्री चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में मार्च माह के अंतिम सप्ताह में शपथ ग्रहण की थी पूरे एक माह बाद उन्होंने पांच मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का गठन किया था

भाजपा में लोधी मध्यप्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को आज उस समय एक और बड़ा झटका लगा जब उसके विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी का सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गये छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने आज भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

हालांकि अमिताभ की पत्नी जया बच्चन का कोविड परीक्षण नकारात्मक आया है श्री राजेश टोपे ने बच्चन परिवार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है रोको टोको सरकार अब मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के लिए रोको टोको कार्यक्रम चलाएगी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है

प्रदेश में समय से पूर्व मानसून ने अपनी आमद दे दी थी लेकिन कुछ दिनों बाद मानसूनी सिस्टम कमजोर पड़ने से समूचे प्रदेश में तेज वर्षा का दौर थम गया और रूक रूक कर वर्षा होती रही आज राजधानी भोपाल में भी सुबह चमकदार धूप खिली लेकिन शाम होते होते रूक रूक कर बारिश होने से मौसम में ठंडक घुल गयी उधर इंदौर संभाग के कुछ जिलों में बारिश हुई

इसमें फीवर क्लीनिककिल कोरोना कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के तहत लोगों की जांच की जाएगी

स्वदेशी अपनाएंआत्मनिर्भर प्रदेश बनाएं किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा में किसानों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया

इसके लिए वाट्सअप ग्रुप बनाया जा रहा है